श्री मोदी कल ग्वालियर और शहडोल में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल बुंदेलखंड महाकौशल और विन्ध्य क्षेत्र के जिलों में चुनावी सभाएं करेंगे

वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज बड़वानी जिले में कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी और प्रदेश की भाजपा सरकार ने विकास के नये आयाम खड़े किये हैं जबकि कांग्रेस के पास बताने के लिये कुछ भी नहीं है

इस दौरान वे बालाघाट और भोपाल में जनसभा को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज सीहोर जिले के गंज चौराहे पर आयोजित चुनावी सभा में बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय के समर्थन में वोट की अपील की

उन्होंने कहा कि जिस विकास यात्रा को सबने मध्यप्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देखा उसके लिए बीजेपी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनायें उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिवराज सिंह ने महिलाओं के लिए कुछ अनूठी पहल की है उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली राज्य सरकार की योजनाओं का विशेष तौर पर जिक किया वहीं उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया कांग्रेस प्रचार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज होशंगाबाद सिवनी मालवा और सोहागपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की उन्होंने शिवराज सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए कहा कि आज समाज का हर वर्ग परेशान है सरकार ने बड़े बड़े दावे और घोषणाएं की हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कृछ नहीं किया है श्री कमलनाथ कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ देवरी बरघाट मंडला और शहडोल की सभाओं में शामिल होंगे

जेटली वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सभी भारतीयों के वित्तीय समावेशन का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा

दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत खूदरा बैंकिंग और सभी के लिए वैश्विक समावेशन है इस सम्मेालन में विश्व भर के प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जेटली ने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य गैर बैंकिंग क्षेत्र में उच्च विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करना है बैठक मंडला जिले की तीनों विधानसभा के लिये नियुक्त सामान्य चूनाव प्रेक्षकों ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की बैठक में उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से जिले की निर्वाचन गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की प्रेक्षकों ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव के मद्देनजर प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के पालन की जानकारी दी उन्होंने कहा कि स्वस्थ्य लोकतंत्र के निर्माण के लिये नैतिक मतदान आवश्यक है जाति धर्म के आधार पर वोट न मांगा जाये न ही व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप किया जाये और बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर झण्डे एवं बैनर पोस्टर नहीं लगाने की बात कही बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी एमके ठाकुर सहित तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उपस्थित थे

चालक सहित एक अन्य से पुछताछ की जा रही है

वहीं भारत के लक्ष्य सेन अभी भी खिताबी दौड़ में शामिल हैं बालिका वर्ग में गायत्री गोपीचंद मालविका बंसोड़ और पूर्वा बर्वे ने देश का प्रतिनिधित्व किया

कांग्रेस बागी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बताया कि पार्टी बागी नेताओं की सूची बना रही है और दो दिन के बाद इन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी आज भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े नेताओं की सूची तैया की जा रही है गौरतलब है कि कांग्रेस के दर्जनभर से ज्यादा नेता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरे हैं वहीं भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने बागी नेताओं के खिलाफ कदम उठाते हुए तीन दर्जन से ज्यादा नेताओं की छुट्टी कर दी है इनमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं

कल भोपाल में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत यह फैसला किया गया है

पुरातत्व आयुक्त अनुपम राजन ने बताया है कि संचालनालय सहित विभिन्न जिलों में स्थापित संग्रहालयों में प्रदर्शनी कार्यशाला और व्याख्यान माला जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे